मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब उप चुनाव वाले तीनों जिलों में भी हो सकेगा पंजीकरण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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

अब से क्छ देर में प्रधानमंत्री एक आंतरिक बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे वे अधिक संकमण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करेंगे दिन में प्रधानमंत्री देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे

नागर विमानन मंत्रालय और महानिदेशालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को इसके व्यवहारिक अध्ययन की सशर्त छूट दे दी है नागर विमानन मंत्रालय ने पश्चिम मध्य रेलवे कोटा तथा रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा और ऑयल कंपनियों के डेटा एकत्रित करने पर भी ड्रोन के इस्तेमाल की छूट दी है

एक मई से प्रांरभ होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए कोविन पोर्टल कल से तैयार हो जाएगा

मंत्रालय ने संशोधित क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर पर ही इलाज ले रहे हैं उन्हें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है इसके अलावा गुर्दे और लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाना चाहिए

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में पॉजिटिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है लेकिन राहत की बात यह भी है कि हजारों की संख्या में लोग स्वस्थ होकर भी घर भी जा रहे हैं

झुंझन् में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रखने को लेकर जिला कलेक्टर ने एक बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

राज्य सरकार के निर्देशों पर तैयार होने वाले कोविड केयर सेंटरों की जिम्मेदारी जयपुर विकास आयुक्त और जेडीए सचिव को सौंपी गई है

भीलवाडा चुरू और राजसमंद जिलों में भी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण को निर्वाचन आयोग ने मंजूदी दे दी है इन तीनो जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पंजीयन का काम नही हो रहा था